इस अवसर पर अटल जी के परिवार के सदस्यों के अलावा केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत मौजूद थे इससे पूर्व आज पूर्वाह्न अस्थि कलश हरिद्वार पहुंचा जिसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ सैन्य वाहन में गंगा के घाट तक अस्थि कलश यात्रा के रूप में ले जाया गया इस दौरान सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में मौजूद लोग अपने प्रिय नेता के अस्थि कलश पर लगातार पुष्प वर्षा करते रहे दिवंगत नेता के अस्थि विर्सजन से पहले हर की पैड़ी पर बने एक विशेष मंच पर अटल जी के अस्थि कलश पर उनकी बेटी नमिता भट्टाचार्या एवं अन्य परिजनों के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने फूल चढ़ाकर उन्हें अन्तिम श्रद्वांजलि अर्पित की

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेयी ने आकाशवाणी को बताया कि अब अस्थि कलश इक्कीस अगस्त को लखनऊ पहुंचेगा इसके बाद राज्य के पचहत्तर जिलों की नदियों म अस्थियों के विसर्जन के लिए कलश यात्रा शुरू होगी

इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अटल जी के संस्मरणों को याद करते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि अटल जी का लखनऊ के हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से बहुत स्नेह रहा उन्होंने यहां से पांच बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया श्रद्धांजलि सभा में दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की गयी

उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा बकरीद एवं अन्य त्योहारों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ साथ कानून व्यवस्था के संबंध में अधिकारी हर स्तर पर सतर्क रहे श्री योगी ने ईद उल अजहा के मद्देनजर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध करने तथा हर स्तर पर त्योहारों को शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराने सुरक्षा प्रबन्ध चाक चौबन्द रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि परम्परा के विपरीत किसी भी कार्य को किये जाने की मंजूरी न दी जाय मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि ईद उल अजहा के अवसर पर नमाज के समय व मन्दिरों में पूजा अर्चना के समय सतर्क दृष्टि रखी जाय उन्होंने अधिकारियो को ईद उल अजहा के दौरान पूर्व में हुई घटनाओं की समीक्षा किये जाने के भी निर्देश देते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों के विरूद्व निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय उन्होंने कहा कि इस अवसर पर साफ सफाई के विशेष प्रबन्ध और निर्बाध विद्युत आपूर्ति का भी ध्यान रखा जाय उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाल और महिला संरक्षण गृहों आदि का नियमानुसार निरन्तर निरीक्षण किया जाय उन्होंने कहा कि सभी स्तर के अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन प्राथमिकता के आधार पर करें

मुख्यमंत्री ने शहीद जवान दलबीर सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस वीर सपूत को हमेशा याद किया जायेगा उन्होंने शहीद जवान के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवदेना भी व्यक्त की है दलवीर सिंह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तैनात थे

हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के दूसरे दिन आज भाषा और संस्कृति से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है फिल्मों की हिन्दी के प्रचार प्रसार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्रसिद्ध हिन्दी गीतकार पटकथा लेखक और कवि प्रसून जोशी फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संरक्षण विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता कर रहे है इसके साथ ही संचार माध्यम और भारतीय संस्कृति प्रवासी जगतः भाषा और संस्कृति तथा हिन्दी बाल साहित्य और भारतीय संस्कृति विषयों पर गहन मंथन किया जा रहा है

इसके अलावा तकनीक के भविष्य विषय पर एक विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा

वे अस्सी वर्ष के थे

वे संयुक्त राष्ट्र के पहले अश्वेत महासचिव थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कोफी अन्नान के निधन पर दुःख व्यक्त किया है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

राज्य में एक लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ की चपेट में हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रंदेलखंड के चित्रकूट में भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी उफान पर है और शहर में पानी भर जाने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है प्रदेश के राहत आयुक्त संजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान वर्षा जनित हादसों में दो लोगों की मृत्यु हो गयी और दो सौ से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पच्चीस राहत शिविर लगाये गये हैं जहां हजारो की संख्या में लोग शरण लिये हुए हैं

इससे सम्बन्धित आदेश महिला एवं बाल विकास विभाग से जारी कर दिये गये हैं

ये बसें दिल्ली गाजियाबाद सहित कई रूटों पर चलाई जायेंगी